कश्मीर संभाग के आयुक्त बसीर अहमद खान ने बताया कि पीसीओ लगाने के लिए स्थानों की पहचान और अन्य जरूरतों को पहले ही पूरा किया जा चुका है जल्द ही इस पर काम शुरू हो जायेगा उन्होंने बताया कि सरकार के इस कदम से आने वाले दिनों में घाटी में संचार की सुविधा बढेगी

कल नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस वर्ष दिसम्बर तक त्यौहारों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि खरीफ की प्याज बाजार में पहुंचनी शुरू हो गई है जिससे इसके मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है आवक बढ़ने से आने वाले हफ्तों में प्याज के मूल्यों में और कमी होने की संभावना है

केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डे ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य अतंर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल परिवेश विकसित करना है

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने की अपील की है

बीकानेर के बेरासर गांव के पास पिकअप की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गये

जांगिड़ ने पालिका की निविदाओं में बरती गई अनियमितताओं की जांच में अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया था

लघु नाटिका के माध्यम से आमजन को सिंगल युज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया